केन्द्रीय वित्तमंत्री जेतली ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यापार बाधाओं को कम करने की जरूरत है

श्री जेतली ने ख्ली सीमाओं का आहवान करते हए कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं से आगे व्यापार समय की आर्थिक अनिवार्यता है और म्क्त व्यापार की बाधाओं को खत्म किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह हर देश के हित में है कि व्यापार बाधाओं का हरसभव सीमित किया जाये श्री जेतली ने दोहराया कि द्रनिया भर के राष्ट्र अब यह महसूस कर रहे है कि बढ़ा ह्आ व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उनकी अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापार स्विधा के स्धार लाने तथा द्निया में बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिए केन्द्र की प्रतिबद्धता दोहराई पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा राजेन्द्र प्रसाद की जयंती को आज हरियाणा के सोनीपत जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र जगदीशप्र मे कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया इस मौके पर मुख्य अतिथि वैज्ञानिक जे के नांदल ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत मे कृषि को नई दिशा देने के लिए हर वर्ष तीन दिसम्बर को नई कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया ताकि किसानों को आर्थिक रूप से उन्नत और समृद्व बनाया जा सके

इस मौके पर डॉ जीतेन्द्र बामल ने कहा कि किसानों को खेती एक व्यवसाय के रूप मे अपनानी होगी डॉ परमिंदर सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि अनाज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर है अब हमें जैविक खेती की ओर अग्रसर होना है परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने आज सोनीपत मे जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक मे चौदह परिवारों का मौके पर ही निपटारा किया इस दौरान उन्होंने बिजली सम्बधी शिकायतों पर निर्देश दिये कि किसी भी क्षेत्र में बिजली की एल टी एस टी तारों को तुरंत प्रभाव से बदला जाये साथ ही उन्होंने लोहे तथा लकड़ी के पोल भी शीघ्र अति शीघ्र बदलने तथा सभी ट्रांसर्फामर मे जीओ स्विच लगाने के निर्देश दिये समिति की बैठक के पत्रकारों से बातचीत मे श्री पंवार ने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं अपितु ये छ सात पार्टियों का समूह है जिसके अपने अलग अलग म्ख्यमंत्री पद के दावेदार है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता नकार च्की है भाजपा आत्म विश्वास से भरी शक्ति शाली पार्टी है जो हरियाण में नगर निगम च्नाव अपने पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी बसों के गांव में रात्रि ठहराव पर उन्होंने कहा कि जहां जरूरत है वहां बसे अन्मति लेकर ठहर सकती है

रोडवेज़ कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर प्रदेश मे कई जगह रोडवेज डिपो में दो घंटे का प्रदर्शन किया रोडवेज कर्मचारी नेता धनखड़ ने कहा िक सरकार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश मे पैंतालिस सौ गाडिय़ों के हिसाब से आज भी चालकों की जरूरत है

उन्होंने कहा कि जहां निय्क्ति या स्थानातरण जरूरी होगा वहां हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा म्ख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी अतिरिक्त म्ख्य सचिवों प्रधान सचिवों विभागाध्यक्षों प्रबंध निदेशकों बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों प्रदेश के मंडलाय्क्तों और उपाय्क्तों को इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है हरियाणा की स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि पंचक्ला नगर निगम द्वारा बीमार एवं घायल आवारा कृत्तों के इलाज के लिए केनल हाउस का निर्माण कराया जा रहा है

उन्होंने कहा कि साढ़े चार एकड़ क्षेत्र मे तीन करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला ये केनल हाउस देश का पहला होगा जहां आवारा कृतों की देखभाल व इलाज होगा

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत मे श्रीमती जैन ने कहा कि हाल मे होने वाले पांच निगमों के च्नाव में खरीद फरोख्त रोकने के लिए मेयर का सीधा च्नाव कराया जा रहा है विकास कार्यो का हवाला दते हए उन्होंने कहा िक प्रदेश सरकार ने सड़कों के लिए लाखों करोड़ो के प्रोजेक्ट मंजूर किये हे और आने वोल समय मे पंचकूला स्मार्ट सिटी श्रेणी मे शामिल होगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविदयालयों में य्वाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा चंडीगढ़ से जारी एक बयान में श्री शर्मा ने कहा कि नशे पर अंकृश लगाने के लिए कानून तो हैं लेकिन एक सामाजिक विषय होने के कारण अच्छे संस्कारों और जागरूकता के आधार पर ही इसकी स्थाई रोकथाम संभव है उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों पर निगरानी रखकर और उचित परामर्श के माध्यम से उन्हे सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे भी बच्चों की चेतना जागृत करके उन्हें नशे की ब्राइयों के प्रति सचेत करें

हरियाणा में आज कई जगह विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया मुख्यमंत्री ने मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने सोनीपत के कोशिक संस्थान मे आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हये और दिव्यांगों का आज के दिन की बधाई दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज के अभिन्न अंग है और उन्हें समाज की म्ख्य धारा में शामिल करने के लिये सरकार प्रयासरत है और इस प्रयासों की सफलता के लिए जन सहयोग अपेक्षित है श्री जैन ने सभी को मिठाईयां वितरित की और कहा कि इनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए दिव्यांग प्रतिभाशाली होते है उनकी प्रतिभा को तलाशना चाहिए उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत भी दिव्यांगों के कल्याणार्थ प्रयास किये जा रहे है